दोपहर दो बजे के बाद नहीं खुलेंगी दुकानें सामान्य आवागमन पर भी रहेगा प्रतिबंध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहेबगंज में आरटीपीसीआर लैब का किया ऑनलाइन उदघाटन कहा जांच में आयेगी तेजी और संकमण के नियंत्रण में मिलेगी मदद झारखंड में कल कोरोना संक्रमण के अबतक के सर्वाधिक आठ हजार पचहत्तर मामले आये

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया

अब द्वकानें दोपहर दो बजे तक ही खुली रहेंगी

बैठक में श्री सोरेन ने कहा कि अभी अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड की किल्लत है उन्होंने वैसे संक्रमितों को जनरल वार्ड में शिफट करने का निर्देश दिया जिनका ऑक्सीजन स्तर सामान्य हो चुका है श्री सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से रिम्स और बड़े निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम का गठन करने को भी कहा यह टीम सदर अस्पताल अथवा अन्य अस्पतालों में इलाजरत कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी टीम यह भी जानकारी लेगी कि किन संक्रमितों को ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत है और किन्हें सामान्य वार्ड की

इसलिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को छह मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है वे बुधवार को साहेबगंज जिले में नवनिर्मित आरटीपीसीआर लैब का ऑनलाइन उदघाटन कर रहे थे उन्होंने कहा कि लैब में जरूरत के मुताबिक सभी संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे

इससे जांच प्रकिया में तेजी आयेगी और संकमण के नियंत्रण में मदद मिलेगी स्वास्थ्य विभाग लैब को एक आरएनए एक्सट्रैक्टर मशीन और एक और आरटीपीसीआर मशीन उपलब्ध करा रहा है

उन्होंने कहा कि साहेबगंज में लैंब के निर्माण में सांसद विजय हांसदा का अहम योगदान है उन्होंने इसके लिए सांसद मद से राशि उपलब्ध करायी है इस लैब में शुरू में पांच सौ सैंपलों की जांच होगी इसे बाद में बढ़ाकर एक हजार से पंद्रह सौ करने का लक्ष्य है

टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण पहली मई से शुरू हो रहा है इसके लिए पंजीकरण कोविन पोर्टल आरोग्य सेतु ऐप और उमंग ऐप पर कराया जा सकता है

इस चरण में वैक्सीन निर्माता मासिक कोटे की पचास प्रतिशत वैक्सीन की आपूर्ति कोन्द्र सरकार को करेंगे जबकि पचास प्रतिशत वैक्सीन राज्यों को और खुले बाजार में जारी करेंगे इस फेज में टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और वहीं से लोगों को टीका लगवाने की जगह और तारीख का पता चलेगा लोगों को अपने मोबाइल नम्बर में माध्यम से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा इस पोर्टल पर उन्हें जरूरी जानकारियों के अलावा एक फोटो युक्त पहचान पत्र अपलोड करना होगा इसके बाद उन्हें टीकाकरण की तारीख अपनी सुविधा के अनुसार तय करना होगा इन प्रक्रियों को पूरा करने के बाद मोबाइल पर पंजीकरण पुष्टि का एक मैसेज आयेगा जिसे टीकाकरण के समय दिखाना होगा

उन्होंने कहा कि कोरोना विपदा के समय अभी एकजुट होकर हमसब को लड़ाई लड़नी है

उन्होंने कहा कि कई वेंटिलेटर इंस्टॉल नहीं हुए हैं और अगर कहीं हुए भी तो विभिन्न तकनीकी कारणों से उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि उपलब्ध कराये गये संसाधनों के जरिये संकमण की रोकथाम में मदद मिलेगी

झारखंड में कल कोरोना संकमण के अबतक के सर्वाधिक मामले आये

राजधानी रांची में एक हजार सात सौ इकहत्तर मरीज मिले

इसके बाद आईएमए भवन स्थित टीकाकरण केंद्र का भी जायजा लिया जहां प्रभारी अशोक मिश्रा एफ खलखो और एएनएम सुशीला लकड़ा ने बताया कि टीकाकरण को लेकर लोग अब काफी जागरूक हो रहे हैं लेकिन अब भी कई तरह की भ्रांतियों को दूर करने की जरुरत है इस मौके पर कृषि मंत्री बादल ने वैक्सीनेशन की गति को और बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया

झारखंड सहित अन्य राज्यों में कोरोना टीका कोविशील्ड और को वैक्सीन की उपलब्यता पर आंकड़े जारी किए हैं और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है

एक करोड़ से अधिक टीका अभी राज्यों पास पड़ा है

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किये जा रहे उपायों पर भी चर्चा करेंगे दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को क्वारेंटाइन करने जांच कराने सहित सुविधाएं भी उपलब्ध कराने पर चर्चा की जायेगी ग्राम पंचायतों की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी लेंगे मुख्यमंत्री के इस संवाद की तैयारी करने के लिए पंचायती राज निदेशक सह संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग आदित्य रंजन ने सभी जिलों के उपविकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद को पत्र लिखा है

लोक उद्यम चयन बोर्ड ने मंगलवार को साक्षात्कार के बाद उनके नाम की अनुशंसा की कोयला मंत्रालय से आदेश जारी होते ही वे पदभार लेंगे श्री रंजन अमी कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में निदेशक कार्मिक हैं उनके पास सीसीएल के निदेशक कार्मिक का भी अतिरिक्त प्रभार है सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा का निधन हो गया है उन्हें पिछले सप्ताह सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत के बाद जमशेदपुर के टीएमएच में दाखिल कराया गया था

इसके अलावा चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी वे दो बार कर चुके थे भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रहने के बाद वे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे चुके थे

उन्होंने कहा कि उनका निधन बेहद दुखद है यह हमारे लिए अप्रणीय क्षति है उन्होंने दिवंगत आत्मा को शांति और दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को संबल प्रदान करने की कामना ईश्वर से की

राजधानी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ़तार किये जाने की खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है

वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने देशभर में कोरोना से दो लाख से अधिक मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है